भारत ने कहा सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर किसी भी देश से वह नहीं करेगा कोई समझौता

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई की बारहवीं का परीक्षा परिणाम घोषित प्रदेश की हंसिका शुक्ला और करिश्मा अरोड़ा ने संयुक्त रूप से पाया सर्वोच्च स्थान भारत का दूसरा चन्द्रमिशन चन्द्रयान दो इस साल जुलाई के महीने में छोड़ा जायेगा लोकसभा चुनाव के शेष तीन चरणों का प्रचार अभियान चरम पर है राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता सेः प्रतापगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पिछले चुनाव में किसानों और युवाओं से किये गये वादे पूरे नहीं किये बहजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि गरीब और शोषित लोग सत्ता में औए ये दोनो पार्टियां अंदर अंदर हमारे गठबंधन के खिलाफ एक होकर व आपस में मिलकर यहां उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने रायबरेली में प्रचार किया वरिष्ठ भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री महेरा शर्मा ने भी रायबरेली में जनसभा की अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल ने बलरामपुर जिले में रैली की सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अव्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार किसानों और युवाओं सहित सभी वर्गो से किये गये वादों को पूरा करने में विफल साबित हुई है श्री यादव कल प्रतापगढ़ जिले के कुंडा क्षेत्र में कौशाम्बी से गठबंधन प्रत्याशी इन्द्रजीत सरोज और प्रतापगढ़ से उम्मीदवार अशोक त्रिपाठी के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे वहीं अपना दल की नेता और केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल तथा भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कल बलरामपुर में श्रावस्ती संसदीय सीट से पार्टी प्रत्याशी दद्दन मिश्रा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया श्रीमती पटेल ने भाजपा प्रत्याशी को जिताने का आहवान करते हुए कहा कि भाजपा ही एकमात्र राजनैतिक पार्टी है जो देश को स्थायी और मजबूत सरकार दे सकती है इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा हर तबके के विकास के लिये कृत संकल्पित है और आगे भी इसी संकल्य के साथ काम करती रहेगी बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन के वोट काटने का आक्षेप लगाया है वह वह लखनऊ में मीडिया से बातचीत कर रही थीं सुश्री मायावती ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा नहीं चाहते हैं कि देश में जातिवादी साम्प्रदायिक और पूंजीवादी व्यवस्था के शिकार लोग केन्द्र और राज्यों की सत्ता पर आसीन हो भारत ने कहा है कि वह देश की सुरक्षा को लेकर आतंकवाद और इससे जुड़े मुद्दों पर किसी भी देश के साथ कोई समझौता नहीं करता है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कल नई दिल्ली में कहा कि मसूद अजहर को वैरिवक आतंकवादी घोषित किये जाने में प्लवामा आतंकी हमले की भी भूमिका है जो जानकारी भारत ने मसूद अजहर के बारे में और जैश ए मोहम्मद के बारे में जो सेंक्शन्स कमेटी के सारे सदस्यों को दिया था वो उसके अनुरूप था जो फैसला हथा जो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों से और उसके माध्यम से अपने इन प्रयासों को जारी रखेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवादी संगठन और उनके सरगना जो हमारे नागरिक को नुकसान पहुंचाते है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके रवीश क्मार ने बताया कि चीन पहले ही अपना विरोध हटाने का कारण बता चुका है उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की अधिसुचना में स्पष्ट किया गया है कि मसूद अजहर को जैश ए मोहम्मद से जुड़ी आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने योजना बनाने तथा तैयारी करने में मदद करने के लिए वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है रवीश कुमार ने कहा कि यह पाकिस्तान के लिए बड़ा राजनयिक झटका है उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और अन्य सभी देशों को मसूद अजहर के सभी बैंक खातों और सम्पत्तियों को जब्त करना होगा उसकी यात्राओं पर प्रतिबंध रहेगा और उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हथियार बेचने पर भी रोक रहेगी उन्होंने कहा कि समिति की मांग पर पाकिस्तान इस तरह के कदम उठाने के लिए अन्तराष्ट्रीय समुदाय के प्रति जवाबदेह है भाजपा ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने को भारत के लिए एक बड़ी राजनयिक विजय बताया है नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां इस उपलब्धि पर खुशी मनाने में रूचि नहीं दिखा रही है क्योंकि वे डर रहीं हैं कि इसके लिए उन्हें राजनीतिक मूल्य चुकाना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जयपुर में एक चुनावी सभा में कहा कि संयुक्त राष्ट्र का यह कृदम आतंकवाद के ख़िलाफ़ देश के लोगों की बड़ी सफलता है देर आये दुरूस्त आये आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए लंबे समय से भारत जो प्रयास कर रहा था यह उसकी बहुत बड़ी सफलता है

इस चरण में छह मई को प्रदेश की जिन चौदह संसदीय क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे उनमें लखनऊ अमेठी रायबरेली और फैज़ाबाद जैसी प्रतिष्ठित सीटों के साथ साथ धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज बांदा फतेहपुर कौशाम्वी बाराबंकी बहराइच कैसरगंज और गोण्डा सीटें शामिल हैं इन सभी सीटों पर कुल एक सौ इक्यासी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं रायबरेली से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद सोनिया गांधी चुनाव मैदान में हैं जबकि अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और भाजपा प्रत्याशी तथा केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के बीच मुकाबला है लखनऊ संसदीय सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और गंठबंघन प्रत्याशी पूनम सिन्हा चुनाव मैदान में हैं वहीं धौरहरा सीट पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी जितिन प्रसाद फैजाबाद सीट पर भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री एवं गठबंधन प्रत्याशी आनन्द सेन यादव चुनाव मैदान में हैं

उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा कथित रूप से आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने संबंधी कांग्रेस पार्टी की नौ शिकायतों पर छह मई तक निर्णय ले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की तीन सदस्यीय पीठ को निर्वाचन आयोग ने बताया कि श्री मोदी और शाह के खिलाफ़ आचार संहिता के कथित उल्लंघन के सिलसिले में कांग्रेस की दो शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है